इसी क़म में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने आज नईदिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिये ग्यारह उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है सूची में तेलंगाना से छह उत्तरप्रदेश से तीन और पश्चिम बंगाल तथा केरल से एक एक उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं

इसमें छत्तीसगढ़ से चार जम्मू कश्मीर से तीन महाराष्ट्र से पांच ओडिशा से दो तमिलनाडु से आठ उत्तर प्रदेश से नौ त्रिपुरा से दो और पुद्दचेरी तथा तेलंगाना से एक एक उम्मीदवार शामिल हैं

दूसरी तरफ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगें उन्होंने कांग्रेस केन्द्रीय चुनाव समिति के इस बारे में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी

राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उंच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अजय कमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है

आयोग ने यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगों की भूमिका को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी आज ही डाक्टर राममनोहर लोहियो की जयंती भी मनाई जा रही है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया कल्याणकारी शासन के लिए प्रेरणादायक बने हए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने कहा है कि डॉक्टर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम के एक साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने भारत छोड़ो आदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी राष्ट्रवादी नेता थे जो जातिवादी और साम्राज्यवाद के खिलाफ उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीदी दिवस पर आजादी के दीवाने भगत सिंह सुखदेव और राजग्रु को श्रद्वांजलि दी है श्री गांधी ने टिवटर पर भेजे अपने संदेश में कहा कि ये महान कांतिकारी थे

आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया श्री शाह ने कहा कि वायु सेना की कार्रवाई पर पित्रोदा का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला है उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने कभी आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की

आईपीएल में दोबारा प्रवेश र्क बाद चेन्नई पहली बार मैच की मेजबानी कर रहा है

टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमें हैं मलेशिया कनाडा पोलैंड जापान और कोरिया

बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि मततदाताओं को जागरूक करने के लिए सोषल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है विभागीय स्वीप गतिविधियों में गति लाने के लिए आज जिला स्तरीय स्वीप कोर समिति की समीक्षा बैठक हुई

नीमच में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज फेसबुक लाइव के जरिये मतदाताओं से संवाद किया मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राजगढ़ जिले में भी इन दिनों हाट बाजारों में ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है झाबुआ में पिंक सप्ताह के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर रंगोली मेहदी प्रतियोगिता के जरिये महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन अधिकतम तापमान चौतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश अथवा ब्रंदा बांदी नहीं हुई वहीं दिन भर धूप खिली रहने से आने वाले दिनों में तापमान बढ़ते जाने की संभावना है